प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सम्मेलन को करेंगे संबोधित राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद परिवार को बिना राशन कार्ड के दस किलो अनाज दे रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज सम्मेलन को संबोधित करेंगे

गृह मंत्रालय ने इक्कीस दिन के लॉकडाउन के दौरान कुछ और लोगों और सेवाओं को छूट देने से संबंधित नये दिशा निर्देश जारी किये हैं इन दिशा निर्देशों के तहत मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और उसके द्वारा संचालित वित्तीय बाजारों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन और लेखा अधिकारियों तथा क्षेत्रीय अधिकारियों पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई तथा वन विभाग के कर्मचारियों को छूट दी है हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सामान संचालन और कोयला खनन गतिविधियां में लगे लोगों दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त कार्यालयों तथा बंदरगाहों हवाई अड्डों और भूमि सीमाओं पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को भी छूट के दायरे में रखा गया है इसके अलावा प्राणी उद्यानों और पौधशालाओं वन्यजीव वनों में आग की रोकथाम पौधों को पानी देने तथा वनों की रक्षा में लगे कर्मचारियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है बाल आश्रयों दिव्यांगजनों वरिष्ठ नागरिकों बेघर महिलाओं विघवाओं से जुड़े सामाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों तथा पेंशन सेवाओं को भी छूट दी गई है

नीति आयोग की वेबसाइट पर दर्ज वक्तव्य में सरकार सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सेवानिवृत डॉक्टरों तथा निजी डॉक्टरों से अपील की है कि जानलेवा कोरोना वायरस से लड़ने में सरकारी प्रयासों में साथ दे जो लोग इस कार्य में योगदान करना चाहते हैं वे नीति आयोग की वेबसाइट में उपलब्ध लिंक पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं वहीं मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने का आहवान किया है उन्होंने आम लोगों से सरकार की मदद करने की अपील की है उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने ओर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करें इसके लिए सरकार ने बैंक अकाउंट नम्बर भी जारी किया है झारखण्ड सरकार लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक गरीब और जरूरतमंद परिवार को बिना राशन कार्ड के दस किलो अनाज देगी जिन परिवारों को राशन कार्ड जारी नहीं किये गये हैं वे मतदाता पहचान पत्र दिखाकर भी अनाज ले सकते हैं मुख्यमंत्री हेमेंत सोरेन ने घोषणा की है कि आपातकाल में परिवारों को मदद देने के लिए राशन की सभी दुकानों में पर्याप्त अनाज उपलब्ध कराया गया है

भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेन सेवाओं को रद्द रखने की अवधि चौदह अप्रैल तक बढ़ा दी है इससे पहले रेलवे ने सभी यात्री ट्रेन सेवाओं को बाईस मार्च की मध्य रात्रि से इकतीस मार्च तक निलंबित रखने की घोषणा की थी इक्कीस दिन के लॉकडाउन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए मालगाड़ियों का संचालन जारी रहेगा देश में कोरोना वायरस के परीक्षण के उन्तीस निजी प्रयोगशाला संगठनों को स्वीकृति प्रदान की गई है इन निजी प्रयोगशाला संगठनों के देश भर में सोलह हजार संग्रह केन्द्र हैं इसके अलावा एक सौ अठारह सरकारी प्रयोगशालाओं को भी परीक्षण की स्वीकृति दी गई है और ये रोजाना बारह हजार नमूनों का परीक्षण करने में सक्षम हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में कहा कि सरकार लगातार अपने परिक्षण संबंधी बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है

एक टवीट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि इससे आपातकालीन सेवाओं की आपूर्ति में तेजी आएगी और समय की बचत होगी उन्होंने कहा कि सड़कों की मरम्मत जारी रहेगी और आपातकालीन संसाधन टोल प्लाजा पर पहले की तरह मौजूद रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को सलाह दी कि वे कोई भी दवाई लेने से पहले अपने डॉक्टरों से बात जरूर करें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी तक कोरोना वायरस की कोई दवाई या टीका मौजूद नहीं है उन्होंने लोगों को आगाह किया कि वे संक्रमण फैलने के बारे में अफवाहों पर भरोसा न करें

कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाये गए लॉकडाउन का आज भी राज्यभर में व्यापाक असर देखा जा रहा है सभी जिलों में प्रशासन द्वारा लॉकडाउन आदेश पालन कराने के लिए सख्ती बरती जा रही है पुलिस अधिकारी कर्मचारी से लेकर ट्रैफिक कर्भियों द्वारा लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है कोरोना को लेकर हजारीबाग के सांसद और विधायक ने जिला प्रशासन को सहयोग करने की घोषणा की है

कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन और वरीय अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय हैं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है लोगों से जरूरत से अधिक सामानों की खरीदारी नहीं करने की अपील की जा रही है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है कांके विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामचंद्र बैठा का हृदयगति रूकने से निधन हो गया है